् आज से सतर्कता जागरुकता सप्ताह की शुरूआत प्रधानमंत्री ने कहा देश के विकास के लिए प्रशासन की कार्यवाही पारदर्शी और जवाबदेही होनी चाहिए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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रचार थमने के साथ ही प्रत्याशियों ने डोर ट्र डोर जनसंपर्क शुरू कर दिया है जयपुर हैरिटेज जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में गुरुवार को सुबह साढे सात बजे से शाम साढे पांच बजे तक मतदान होगा प्रचार के आखिरी दिन आज सुबह से ही उम्मीदवारों ने ढोल नगाडों के साथ गली गली में जाकर प्रचार किया वार्डो में नुक्कड़ सभाओं के जरिये मत और समर्थन की अपील की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विभिन्न दल और प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर वोट मांग रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं ने भी आज पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और कई स्थानों पर रोड शो किये नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा में रोड शो किया इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बोर्ड बना तो शहर का तेजी से विकास होगा द्रसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने जयप्र में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के बाइस महीने के कार्यकाल में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है

आज एक बयान में श्री शर्मा ने कहा कि समूह या भीड़ में जाने से पहले मास्क लगाने को अपनी आदत बनाकर संक्रमण के प्रसार को कम कर सकते हैं डॉ शर्मा ने कहा कि अभी तक वैक्सीन या दवा ईजाद नहीं की गई है इसलिए मास्क ही सर्वोत्तम विकल्प है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन आंदोलन के जरिये एक करोड़ मास्क बांटे जा रहे हैं चिकित्सा मंत्री ने नगर निगम चुनावों मे उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की उन्होंने कहा कि मतदाता भी मतदान केन्द्र पर जाते समय घर से ही मास्क लगाकर जाएं

मामले में जवाहर नगर थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग भी आरोपित है जो एसीबी की कार्रवाई के बाद से फरार है ब्यूरो के डीआईजी डॉ विष्णुकांत ने बताया कि सोमवार रात को ब्यूरो ने कार्रवाई को अंजाम दिया उन्होंने बताया कि परिवादी कानपुर निवासी हरदीप सिंह के खिलाफ श्रीगंगानगर के सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है जिसकी जांच जवाहर नगर थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग के पास है

झन्झनू जिले की हलका नयासर तहसील के पटवारी रणवीर को भी ब्यूरो ने आज तेरह हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्ता किया उधर अजमेर के रामगंज पुलिस थाना के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक बाबूलाल विश्नोई को ब्यूरो ने आज पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है

इस वर्ष का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय में कर्मचारियों को शपथ दिलाई

प्रदेश में भी केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को राजकीय कार्य के दौरान सतर्कता की शपथ दिलाई गई

सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यालयों में निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी

कई जिलों में दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है